राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने पौधों के संरक्षण व संवर्धन पर दिया बल पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने लोगों द्वारा बैंकों से लिए गए कर्जों की ईएमआई में छूट देने का केन्द्र से किया आग्र ह

मुख्यमंत्री जयराम ठाकर की अध्यक्षता में आज शिमला में हई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया

इसके अलावा अनुसूचित जाति उप योजना जनजातीय क्षेत्र उप योजना पिछड़ा क्षेत्र उप योजना और क्षेत्रीय व विकेन्द्रीकृत योजना कार्यकमों को प्रनर्नामित करने का निर्णय भी लिया गया

इस बीच शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि राज्य में बाहर से आने वाले और यहां से बाहर जाने वाले लोगों के लिए किसी भी तरह के पास की आवश्यकता नहीं है उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा ताकि कोरोना संकमण के फैलाव से बचा जा सके

मुख्यमंत्री जयराम ठाकर की मौजदगी में आज शिमला में प्रदेश सरकार की ओर से निदेशक उद्योग हंसराज शर्मा और माइकोटैक न्यू टैक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष सुबोध गुप्ता ने इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए सोलन जिला के बद्दी स्थित इस कंपनी के साथ थर्मामीटर यूपीएस इन्वर्टर्स और ऑक्सी मीटर सहित अन्य विद्युत उत्पादों की विनिर्माण इकाई की स्थापना के लिए ये समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है

सुबोध गुप्ता ने कंपनी की ओर से मुख्यमंत्री को एक हज़ार थर्मामीटर भी भेंट किए उद्योग मंत्री बिकम ठाकुर भी इस अवसर पर मौजूद रहे जयराम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला स्थित भाजपा मुख्यालय दीपकमल में प्रदेश भाजपा कार्यसभिति की कल होने वाली सैमी वर्च्यअल बैठक की तैयारियों का जायजा लिया इस दौरान मुख्यमंत्री ने बैठक को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप के साथ विस्तृत चर्चा की सुरेश कश्यप ने बताया कि इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अनिल जैन और राष्ट्रीय सचिव तरूण चुग वर्चअल माध्यम से पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार व प्रेम कुमार धूमल भी वर्चुअल माध्यम से बैठक में भाग लेंगे

राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने पौधों के संरक्षण और संवर्धन पर बल दिया है वे आज शिमला के समीप मशोबरा में वन विभाग व राज्य रैडकॉस सोसायटी शिमला द्वारा आयोजित पौधरोपण अभियान के शुभारंभ अवसर पर बोल रहे थे

बंडारू दत्तात्रेय ने लोगों से पौधे रोपित करने में सकियता से भाग लेने और इनका संरक्षण करने का आग्रह भी किया राज्यपाल ने बाद में कैंगनैनो नेचर पार्क और क्षेत्रीय बागवानी शोध व प्रशिक्षण केन्द्र का दौरा भी किया वीरभद्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री वीरमद्र सिंह ने वर्तमान वित्त वर्ष में लोगों द्वारा बैंको से लिए गए समी तरह के कर्जो की ईएमआई में छट देने का केंद्र सरकार से आग्रह किया है शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि देश में कोरोना महामारी के चलते लोगों की आर्थिकी बुरी तरह प्रभावित हुई है

वीरमद्र सिंह ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकर से भी इस मामले को केंद्र के समक्ष उठाने का आग्रह किया है उन्होंने प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए कहा कि बाहर से आने वाले सभी लोगों का उचित परीक्षण किया जाना चाहिए वीरभद्र सिंह ने प्रदेश के उद्यमियों और होटल व्यवसायियों को भी वर्तमान वित्त वर्ष के अंत तक सभी प्रकार के टैक्स में राहत देने का आग्रह किया है त्रिलोक कपूर प्रदेश भाजपा महासचिव व राज्य वूल फैडरेशन के नवनियुक्त अध्यक्ष त्रिलोक कपूर ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने अपने अढ़ाई वर्ष के कार्यकाल के दौरान अनेक जनकल्याणकारी योजनाए आरम की हैं वूल फैंडरेशन के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के बाद आज शिमला में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही त्रिलोक कप्र ने कांग्रेस नेताओं पर बेबनियाद बयानबाजी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अब प्रदेश में राजनीतिक परिस्थितियां बदल चुकी हैं और राज्य सरकार का ईमानदार व प्रगतिशील सुशासन सबके सामने हैं

राठौर मनाली विघानसभा कांग्रेस कमेटी की एक बैठक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर की अध्यक्षता में आज कटराई में आयोजित की गई इस अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राठौर ने कहा कि आने वाले समय में कांग्रेस बूथ स्तर पर मजबूत होगी और कार्यकर्ताओं को पहचान पत्र भी दिए जाएंगे उन्होने कार्यकर्ताओं से पार्टी को एकजूट होकर मजबूत करने का आहवान किया

उन्होंने मनाली में पर्यटन सहित अन्य सभी संस्थाओं को कोरोना के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए विशेष पैकेज की घोषणा करने की भी सरकार से मांग की कटवाल विधायक जीतराम कटवाल ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से झंडुता विधासभा क्षेत्र में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत की उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के हर वर्ग के कल्याण व उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है

प्रधानमंत्री ने लोगों को इस कार्यक्रम में अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया है